कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें स्वास्थ्य ढांचा सुधार निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं श्री मोदी ने कल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री को बताया गया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ाई गई है

प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यथाशीघ्र शुरु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं और ऑक्सीजन से लेकर बेड की पर्याप्त व्यवस्था कर दी की गई है यह बात मुख्यमंत्री ने आज नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से प्रदान की गई बहु उपयोगी लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस जनता को समर्पित करने के दौरान कही उन्होंने कहा कि यह लाइफ सपोर्ट एंब्लेंस दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने में काफी उपयोगी साबित होगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसीविर इंजेक्शन की आपूर्ति हो गई है और टीकाकरण का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है इस दौरान श्री रावत ने कोरोना गाइडलाइन्स का पूरी तरह से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिए

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा

इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगावा सकेंगे लोगों को अपने मोबाइल नम्बर में माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख अपनी सुविधा के अनुसार तय करना होगा इन प्रक्रियों को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आयेगा जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा इस चरण में केन्द्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने का भी छूट दी है

इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी दूर करने में मदद मिलेगी रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में दो सौ घनमीटर प्रतिघंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है

मंत्रालय ने कहा कि गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है अन्य उर्वरक कंपनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया श्री मांडविया ने उर्वरक कंपनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कहा मौसम राज्य मौसम विभाग के अनुसार आज प्रदेश के उत्तरकाशी चमोली रूद्रप्रयाग देहरादून बागेश्वर अल्मोड़ा नैनीताल चम्पावत और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश और ऊचाई वाले क्षेत्रों में बर्फवारी हो सकती है इस बीच राजधानी देहरादून में मौसम सामान्य रहा

सुशीला तिवारी अस्पताल में बेड न होने की दशा में मरीजों को यहां रखा जायेगा तथा यहां रख कर उनको इलाज दिया जायेगा उन्होने बताया कि एक या दो दिन के भीतर इस अस्पताल को शुरू कर दिया जायेगा

इस कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप लाइन बिछाने काम पूरा होते ही जल्द इस कोविड केयर अस्पताल को लोगो के लिए खोल दिया जाएगा इसके साथ ही प्रशासन ने निजी अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाने व निजी अस्पतालों के अधिग्रहण करने का काम भी तेज कर दिया गया है साथ ही दूसरे कई प्राइवेट अस्पतालों को भी पूरी तरह से कोविड हॉस्पिटल के रूप में अधिग्रहित करने की योजना पर काम किया जा रहा है सलाह दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर अंजन त्रिखा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना से बचाव में दोहरे मास्क को अधिक सुरक्षित और लाभदायक बताया डॉक्टर त्रिखा ने कहा कि कोविड टीकों का महिलाओं पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता कोविड टीकों के बीच अंतराल और कोविड के लक्षण के विषय में श्री त्रिखा ने डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी और लोगों को ऑक्सीजन का स्तर संतुलित करने के लिए योगासन करने को कहा

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जिले में आने वाले सभी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा जाये और उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये इसके साथ ही उन्होंने नामित नोडल अधिकारी को होम आइसोलेशन में रखे गये सभी लोगों की गूगल डाटा सीट भी तैयार करने को कहा जिसमें व्यक्ति के नाम के साथ साथ उसका मोबाईल नंबर विकास खंड का नाम और उसे कब एचआई किट उपलब्ध करायी गयी यह भी अंकित किया जाये

उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड चिकित्सालय व कोविड केयर सेंटरों में इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि ऑक्सीजन की हमेशा पर्याप्त मात्रा बनी रहे